कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये पांच सदस्य मंत्री समूह के सुझावों पर चर्चा के बाद ये निर्णय लिया

इसे दौरान कोई भी डीजे बारात निकासी और प्रतिभोज का कार्यक्रम नहीं होगा

शादी की सुचना वेबपोर्टल कोविड इनफो डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर देनी होगी इधर राज्य में मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन पूरी तरह बंद रहेंगे मेडिकल और अन्य आपातकालीन तथा अनुमत श्रेणियों को छोडकर एक जिले से दसरे जिले शहरों और एक गांव से दसरे गांव जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने और धार्मिक स्थल भी बंद रहेगे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं इसे देखते हुए मनरेगा के कार्यों को भी स्थगित कर दिया गया है इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तुत दिशा निर्देश जारी करेगा श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी इकाईयों में कार्य करने की छूट होगी श्रमिकों को आवागमन की असुविधा न हो इसके लिए इन इकाईयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन माल की लोडिंग और अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त द्वारा कंटेन्मेंट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं अस्पतालों में भर्ती कोविड संक्रमितों की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगी

इसके तहत अस्पतालों में कोरोना वार्ड में प्रतिदिन भेजे जाने वाले इंजेक्शन्स पर अब संबंधित मरीज का नाम आईपीडी नंबर और तारीख अंकित कर नर्सिंग स्टॉफ को दिया जाएगा साथ ही इंजेक्शन के लगने के बाद इनके आउटर कार्टन समेत खाली वायल को अस्पताल पर नियुक्त नोडल ऑफिसर से सत्यापन के बाद पूर्णतया नष्ट करवाया जाएगा ताकि इनकी चोरी या द्ररूपयोग पर रोक लगाई जा सके चिकित्सा सचिव सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अंटेन्डेन्ट को व्यक्तिगत रूप से इंजेक्शन खरीदकर लाने के लिए भी परामर्श पर्ची नहीं दी जाएगी उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों के उपयोग के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद की प्रक्रिया अब केवल अस्पताल के स्तर पर होगी इस बीच कल जयपुर के एक निजी अस्पताल में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है

कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है डॉ गुलेरिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आंकडो से पता चलता है कि खासकर युवावस्था में बार बार सीटी स्कैन कराने से भविष्य में कैंसर होने का खतरा बढ जाता है उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामुली लक्षण वाले रोगियों को किसी दवा की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की काफी है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कुछ रोगी शुरूआती दौर में स्टेरायड लेते हैं जिससे संक्रमण का दोहराव हो सकता है और हल्के लक्षण होर्न पर स्टेरायड की ऊँची खुराक लेने से वायरल न्युमोनिया की स्थिति गंभीर हो सकती है उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन में कमी और अत्यधिक थकान की स्थिति में घर में पथकवास में रह रहे कोविड रोगी को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है

अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कल बारिश हुई इस दौरान मुंडावर में ओले गिरे देर रात तक जिले में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा